विधेयक के पक्ष में तीन सौ ग्यारह और विरोध में अस्सी मत पड़े विधेयक में अन्य बातों के अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश और अफ्गानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना जैसे कारणों से दो हजार चौदह के अंत तक भारत आने वाले हिंद्रओं जैनों पारसियों इसाईयों और बौद्धो को नागरिकता देने का प्रावधान है हालांकि इस विधेयक में छठी अनुसूची में शामिल कुछ जनजातीय इलाकों को और पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था के तहत आने वाले इलाकों को अलग रखा गया है इसके जरिए नागरिकता अधिनियम उन्नीस सौ पच्चपन पासपोर्ट अधिनियम उन्नीस सौ बीस और विदेशी नागरिक अधिनियम उन्नीस सौ छियालीस में संशोधन किया जायेगा विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक में अनुच्छेद चौदह समेत संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है जो कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है श्री शाह ने इस बात को दोहराया कि इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित करने वाले पाकिस्तान बांग्लादेश और अफ्गानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना के कारण ये विधेयक आवश्यक था उन्होंने कहा कि तीनों पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी घट रही है श्री शाह ने कहा कि विधेयक मुसलमानों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक लोक सभा में पारित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून भारत की सदियों पुरानी समावेशी प्रकृति और मानवीय मूल्यों में विश्वास पर आधारित है

कृषि बाग़वानी पश् पालन डेयरी विकास और मत्स्य मंत्री तागे ताकी ने कल राजभवन में राज्यपाल बी डी मिश्रा से मुलाकात की इस दौरान क्रषि पद्धति को बेहतर बनाने उद्यमियों के लिए नए आयामों का पता लगाने और कृषि एवं इससे जुड़े सेक्टरों में रोजगार विषय पर विचार विमर्श किया राज्यपाल ने बेहतर फसल के लिए पारंपरिक शिफ्टिंग कल्टिवेशन को छोड़कर वैज्ञानिक तरीको को अपनाने पर जोर दिया प्रदेश विधान सभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने चांगलांग में कल पंजीकृत कामगारों और बेरोजगारों के लिए आयोजित कौशल विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया यह कार्यक्रम दो महीने तक चलेगा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार पंजीकृत कामगारों व उनपर आश्रितों को कौशल व आत्म निर्भर बनाने के लिए मौका प्रदान करना है श्री पोंगते ने कहा कि व्यवसायिक प्रशिक्षण रोजगार के अधिक मौके प्रदान करता है

आज बुलाए बंद शांतिपूर्ण रही कही से भी कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है राज्य में बंद का असर सबसे अधिक राजधानी ईटानगर में रही आज सभी प्राईवेट और सरकारी वाहन सड़कों से नदारद रहे और बैंक स्कूल और सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे बहरहाल सभी सरकारी कार्यालय खुली रही खेल एवं यूवा मामलों के मंत्री रिजिजू ने डोपिंग के प्रति जागरुकता लाने के लिए सघन अभियान चलाने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि श्रुआत से ही खिलाड़ियों में साफ सुथरी खेल की भावना विकसित की जानी चाहिए श्री रिजिज् आज नई दिल्ली में अभिनेता सुनील शेट़टी को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का ब्रांड अंबेसडर घोषित किए जाने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे श्री रिजिजू ने कहा कि साफ सुथरे खेल सरकार के एजेंडा में है उन्होंने कहा कि सफलता हासिल करने के लिए खिलाड़ियों का व्यवहार उचित और ईमानदार होना चाहिए तथा डोपिंग जैसे अनुचित साधनों को नहीं अपनाना चाहिए इससे देश का नाम खराब होता है उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए आवश्यक है कि वे फिट रहे ताकि जीत सके उन्हें नियमित व्यायाम योग और स्वास्थ्यवर्धन भोजन से खुद को फिट रखना चाहिए